आयुर्वेदिक सेमिनार केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने देश में आयुर्वेद को बढावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया है आज नईदिल्ली में दो दिवसीय उद्यमशीलता और कारोबार विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के बाजार में विस्तार के लिए कई नई पहल की गयी है

इस संगोष्ठी का आयोजन युवा उद्यमियों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए किया गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत ने कहा कि आयुर्वेदिक औषधियां विश्व में भारत का सबसे बडा उपहार है उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में कारोबार और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है

आज भोपाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश सचिव अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल मध्य से फिदा हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है

रीवा जिले के सिरमौर से गया प्रसाद मिश्र गुना जिले के बमोरी से सुमन शर्मा शहडोल जिले के जयसिंह नगर से हरिसिंह छतरपुर के बडामलहरा से नाथूराम विश्वकर्मा अनूपपुर जिले के कोतमा से संतोष केवट पार्टी के प्रत्याशी होंगे

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघौगढ़ से टिकट दिया गया है जबकि उनके भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह को चुरहट सीट से टिकट दिया गया है भोपाल उत्तर से आरिफ अकील और भोपाल दक्षिण से पीसी शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस ने भोजपुर से सुरेश पचौरी जबलपुर कैंट से आलोक मिश्रा और जबलपुर पश्चिम सीट पर तरूण भानोट को टिकट दिया है वहीं ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर ग्रामीण से मदन कुशवाहा और ग्वालियर पूर्व से मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिया है कांग्रेस ने सागर से नेवी जैन और सिरमौर से अरुणा तिवारी को टिकट दिया है मुरैना सीट पर रघुराज सिंह कसाना को उम्मीदवार बनाया गया है

कांग्रेस की केन्द्रीय चुनाव समिति ने कल शाम नई दिल्ली में एक बैठक में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया

चुनाव प्रत्याशी शहडोल जिले की तीनो विघानसभा सीट के लिये दोनो प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है बीजेपी ने जयसिंहनगर सीट से जहां पूर्व मंत्री और वर्तमान में जैतपुर से विघायक जयसिंह मरावी को चुनाव मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने ध्यान सिंह मार्को को टिकट दिया है जैतपुर सीट से मनीषा सिंह बीजेपी की उम्मीदवार होंगी वहीं इस सीट से कांग्रेस की कमान उमा धुर्वे के हाथो में होगी हाल ही में बीजेपी ज्वाईन करने वाले शरद कोल जिले की ब्योहारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहीं इस सीट पर वर्तमान विघायक रामपाल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे जिले की तीनो विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है वहीं आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने सासंद मनोहर ऊंटवाल को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने विपिन वानखेडे को प्रत्याशी बनाया है

जिन्होने गुलाबी रंग के परिघान पहनकर गुलाबी रंग के घडो में ही कलश जलाकर विभिन्न वार्डो में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिये जागरूक किया वहीं आगरमालवा जिले के नलखेडा स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो का सन्देश देते हुए नुक्कड़ नाटक गीत और कविता के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया वहीं जिले के बडागांव में महिला खेल स्पर्धाओं का आयोजन करने के साथ ही रन फार बूथ और घर घर जाकर महिला मतदाआओं को मतदान का संकल्प दिलाया जा रहा है खंडवा जिले में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है इसी कम में सुबह जागरूकता मतदाता फूटबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया वहीं शाम को सिविल लाइन स्थित टैगोर पार्क में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है वहीं स्वीप प्लान के तहत होशंगाबाद में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय बाबई में नैतिक मतदान विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने नैतिक मतदान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किये

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि त्यौहारों में सबसे खास महत्व रखने वाले त्योहार को अधिक उत्साह से मनाने इसकी तैयारी पिछले एक पखवाड़े से हो रही है यह दीपों का पर्व कार्तिक माह की त्रयोदशी से शुरु होकर भाईदूज के दिन तक उत्सवी माहौल में मनाया जाएगा सभी घर परिवारों के लोग अपने घरों की साफ सफाई रंगाई कर उसे दीप मालिकाओं से सजा रहे है घन तेरस पर कुबेर पूजन अर्चन के बाद से घर के द्वार पर दीप जलाना शुरु होकर चतुदर्शी और दीपावली की रात को पूजन की जाएगी इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए खुशियां मनाई जाएगी

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट और एक दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में शानदार जीत से भारत के हौसले बुलन्द हैं और वह जीत के इस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करेगा भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे क्योंकि विराट कोहली को इस श्रृंखला में आराम दिया गया है महेन्द्र सिंह घोनी के स्थान पर ऋषम पंत को टीम में शामिल किया गया है वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कार्लोस ब्राथवे करेंगे

इन मतदान केन्द्रों को सतत निगरानी में रखने के लिये सीसीटीवी और इंटरनेट से जोडा जाएगा